मण्डी ज़िले के सुंदरनगर में आज ज़िला रेडक्रॉस मेले के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत बेहद चिंतनीय है और इसे दूर करने के लिए समाज के सभी वर्गो को आगे आना होगा बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यदि इस समस्या पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो युवा पीढ़ी का विनाश हो जाएगा उन्होंने लोगों से पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए रेडक्रॉस को उदारता से दान देने का आहवान किया

राज्यपाल ने क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी में पार्क निर्माण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए संबल योजना शुरू करने पर सोसायटी की सराहना की उन्होंने बेबी शो के विजेताओं को सम्मानित किया विपिन परमार आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना के तहत प्रदेश में एक लाख ज़रूरतमंद लोगों के उपचार पर लगभग सौ करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज पालमपुर के निकट उच्च विद्यालय भट्टू समूला के वार्षिक उत्सव में बताया कि प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने में ये योजनाएं मददगार साबित हो रही हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर नशे की तस्करी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

मैराथन नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के खिलाफ प्रदेशभर में एक महीने तक चला विशेष अभियान आज सम्पन्न हो गया अभियान के समापन अवसर पर आज अनेक स्थानों पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया सोलन के ठोड़ो मैदान में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हाफ मैराथन में विभिन्न आयुवर्ग के लोगों ने भाग लिया और समाज को नशे से दूर रहने का संदेश दिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने लोगों से नशे से दूर रहने का आहवान किया उधर नालागढ़ में भी पुलिस ने मिनी मैराथन का आयोजन किया कुल्लू के डिग्री कॉलेज में हुए कार्यक्रम में उपायुक्त ऋचा वर्मा ने लोगों से नशे के खात्मे के लिए पुलिस का सहयोग करने को कहा

विश्वविद्यालय की डिसेबल्ड स्ट्रडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर इस संबंध में शिकायत की है एसोसिएशन के संयोजक मुकेश कुमार व सवीना ने कहा कि एक वर्ष बीत जाने पर भी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और एमफिल व पीएचडी में दाखिले कर दिए गए हैं उन्होंने राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है मौसम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में आज एक ओर जहां मौसम साफ रहा वहीं राजधानी शिमला में दोपहर बाद अचानक बर्फबारी होने से यहां घूमने आए पर्यटक झूम उठे शिमला के निकट क्फरी में भी हिमपात हुआ जबकि शिमला के आसपास के इलाकों में हल्की ओलावृष्टि हुई ऐतिहासिक रिज मैदान पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है जो बर्फबारी का खूब आनन्द ले रहे हैं